शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस अवधि में केन्द्र सरकार ने दशको से लंबित मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दी है इसके अलावा सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहंच सुनिश्चित बनाई गई है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवंच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद देश निश्चित रूप से कोरोना के इस कठिन दौर से जल्द बाहर आ जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश हित में कई योजनाएं शुरू कर विकास की गति को बढ़ाने के प्रयास किए हैं पर्यावरण दिवस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाली जनसभाओं में एक लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिमला में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य ने विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए सतत विकास की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिथिन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है उन्होंने कहा कि सरकार ने पतियों से बने डोने और प्लेट के उपयोग को बढ़ावा दिया है और ये जरूरी है कि हम पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखें

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे अन्राग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कोरोना आपदा से राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया है

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्मल पार्टी के संगठन मंत्री पवन राणा महासचिव त्रिलोक जमवाल कैबिनेट मंत्री बिंक्रम सिंह और वीरेंद्र कंवर सहित अन्य नेता विशेष रूप से शामिल हुए

यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने के लिए उचित काम न करने का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना काल में लोगों द्वारा दिए गए अंशदान का कोई हिसाब नहीं दे रही है एसओपी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्भिक स्थलों होटलों रेस्तरां शोपिंग मॉल आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है

किन्नौर पर्यटन किन्नौर होटल संघ ने कोरोना महामारी के दौरान हालात सामान्य न होने तक जिले में कारोबार शुरू न करने की घोषणा की है संघ के प्रवक्ता शांता नेगी ने आज रिकांगपिओ में बताया कि सरकार ने होटल ँ शुरू करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें पूरा करना बेहद मुश्किल है उन्होंने कहा कि महामारी के चलते जिले के अधिकांश गांवों में प्रवेश पूरी तरह बंदे है जिसके चलते पर्यटन व्यवसाय चलाना असंभव है कंटेनमेंट कुल्लू ज़िले में बाहरी राज्यों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है

इधर मंडी जिले के धर्मपुर और जोगिन्दनगर क्षेत्रों में पिछले कल तीन नए कोरोना मामले सामने आने के बाद संबंधित इलाको में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए गए हैं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में अगले आदेश तक किसी भी तरह का आवागमन नहीं होगा और बफर जोन में रोजमर्रा को गतिविधियां शर्तों के साथ जारी रहेंगी